मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा ज़िले के प्रवास के दूसरे दिन आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रूप्ये की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए

इस अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने रानीताल में जल शक्ति विभाग का उपमंडल कार्यालय खोलने और राजकीय महाविद्यालय तक्कीपुर का नाम राजकीय अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय करने की घोषणा की

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा जिले में बेहतर आवागमन की सुविधा के लिए फोरलेन परियोजना का कार्य सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में लेगी ताकि जिले को मुख्य पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके

उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार ने करोड़ों रूपये की मदद दी है ताकि लोगों को लाभ मिल सके

उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित अपने चताड़ा गांव के विकास को लेकर लोगों के साथ चर्चा की भारद्वाज राज्य सरकार स्कूलों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत्त है शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज सिरमौर ज़िला के नाहन स्थित डाइट संस्थान का निरीक्षण और शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करने के अवसर पर ये बात कही उन्होंने स्कूलों में दी जा रही शिक्षा में सुधार के लिए अध्यापकों से सुझाव मांगे सुरेश भारद्वाज ने शिक्षकों को सरकारी स्कूलों में बेहतर परिणाम लाने के लिए सुझाव देते हुए स्कूलों में सामूहिक वार्ता व संचार कौशल को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश दिए मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने मनाली के समीप धूंधी स्थित सीमा सड़क संगठन के कार्यालय में आज अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माणाधीन रोहतांग टनल की प्रगति के बारे जानकारी हासिल की उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अटल टनल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा बाद में कृषि मंत्री ने मनाली और कुल्लू में जनसमस्याएं भी सुनी

पहली उड़ान भुंतर अजोग भुंतर और दूसरी भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच भरी जाएगी

ये बैठक सूचना व प्रसारण मंत्रालय के चण्डीगढ़ रीजन की अप्पर महानिदेशक देव प्रीत सिंह की अध्यक्षता में होगी इस दौरान केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन और परिपालन के लिए किए गए कार्यों पर चर्चा की जाएगी

इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और विविधता केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं इस बीच हिमाचल प्रदेश में आज भी लोग रेडियो को महत्व देते हैं और इसकी विश्वसनीयता पर यकीन करते हैं अधिक ब्यौरा हमारे संवाद्दाता से हिमाचल प्रदेश में सैंकड़ों ऐसे श्रोता है जो आज भी रेडियो सुनना पसंद करते हैं चंबा के सौ वर्षीय प्यार सिंह के अनुसार रेडियो के शुरू होने से आज तक लगातार वे रेडियो सुन रहे हैं उन्होंने कहा कि रेडियो से उन्हें गीत संगीत व अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों सहित कई तरह की जानकारियां भी मिलती हैं प्यार सिंह के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध का हाल उन्हें रेडियो के माध्यम से ही मिलता था

विनय शर्मा के अनुसार आकाशवाणी की विश्वसनीयता आज भी बरकरार है

चंबा से विकास ठाकुर के साथ मैं रितेश कपूर आकाशवाणी शिमला मरडी प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए अब वॉर्ड स्तर पर नशा निवारण समितियों का गठन किया जाएगा पुलिस महानिदेशक एसआर मरड़ी ने आज धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इससे पहले पुलिस थानों व पंचायत स्तर पर नशा निवारण समितियां गठित की गई थी उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिए लोक निर्माण विभाग को सुझाव देने को कहा है एक भारत श्रेष्ठ भारत केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अन्तर्गत विभिन्न राज्य एक दूसरे की संस्कृति को साझा करने में जुटे हैं इसी कड़ी में हिमाचल को केरल राज्य के साथ जोड़ा गया है आज हम बात करेंगे केरल के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मून्नार की केरल का यह पहाड़ी क्षेत्र कभी दक्षिण भारत में ब्रिटिश सरकार के गर्मियों का विश्राम स्थल हुआ करता था चाय के बागान तस्वीर से दिखते नगर बहती हवा सी सड़कें और छुट्टी मनाने की विभिन्न सुविधाएँ इसे लोकप्रिय रिजोर्ट वाला शहर बनाती हैं मून्नार में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है जो आनामुड़ी ट्रैकिंग की अच्छी जगह है चाय के बागानों की शुरुआत और विकास होने की बात होती है तो मून्नार की अपनी विरासत है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार ध्रमल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम पर कांग्रेस की बयानबाजी को बेतुका बताया है समीरपुर से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि दो बार के चुनाव में कांग्रेस के वोटों में भारी गिरावट पर पार्टी को बयानबाजी के बजाए चिंतन करना चाहिए धूमल ने कहा कि भाजपा सरकारें काम करवाने में विश्वास रखती है लेकिन कांग्रेस नेता केवल बयानबाजी करते हैं

विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने देश को आर्थिक कंगाली की ओर धकेला है शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था दिनों दिन चिंता का विषय बन रही है विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद देश में रसोई गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि केन्द्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का उदाहरण है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मिलीभगत से प्रदेश में सीमेंट के दाम बढ़ाए गए हैं